इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जनऔषधि केन्द्र के मालिकों और इसके लाभार्थियों से बातचीत की श्री मोदी ने कहा कि इन केन्द्रों पर उपलब्ध दवाइयों की कीमत बाजार कीमत से लगभग पचास से नम्बे प्रतिशत कम है उन्होंने कहा कि इस योजना से हर आदमी दवाइयां खरीदने में सक्षम है प्र्वानमंत्री ने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ बनाए रखने के लिए दुढसंकल्प है श्री मोदी ने कहा कि सरकार हर हाल में किफायती इलाज उपलब्ध कराने के लिए दुढसंकल्प है और अच्छे अस्पताल तथा सक्षम कर्मचारी उसकी प्राथमिकता बने रहेंगे प्रघानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक महीने एक करोड़ से ज्यादा लोग इन केन्द्रों से लाभ उठाते हैं वाराणसी पुलवामा देहरादून मुजफ्फरपुर कोयम्बटूर पुणे और ग्वाहाटी के जनऔषधि केन्द्र के मालिक और लाभार्थियों ने योजना के विभिन्न पहलुओं पर बात की और प्रधानमंत्री को उनके प्रयास के लिए धन्यवाद दिया नए अस्पतालों और वेलनेस सेंटर के निर्माण तथा कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने जैसे कदमों का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य देखभाल के दायरे में लाना है प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि विकित्सकों को कीमतों में कमी लाने के लिए जेनरिक दवाइयां लिखनी चाहिए उन्होंने कहा कि भारत में बनी जेनरिक दवाइयां उच्चस्तर की होने के कारण विश्वभर में इनकी मांग है और ये गुणवत्ता में बाजार में उपलब्ध दवाइयों से किसी भी तरह से कम नहीं हैं देश के सात सौ जिलों में जनऔषधि के लगभग छह हजार दो सौ केन्द्र हैं मौजूदा वित्त वर्ष में इन केन्द्रों से तीन सौ नब्बे करोड़ रुपये मूल्य की बिक्री हो चुकी है प्रधामनंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से कोरोना वायरस के बारे में फैल रही अफवाहों से भयभीत नहीं होने को कहा है उन्होंने इस संक्रमण को कम करने के लिए हाथ मिलाने की बजाय लोगों से भारतीय परम्परा के अनुसार नमस्ते कहने को कहा श्री मोदी ने लोगों से बुखार खांसी गले में खराश होने की स्थिति में स्वयं उपचार करने की बजाय तुरंत डॉक्टरी सलाह लेने का आग्रह किया राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आगामी सोमवार को होने वाले होली मिलन समारोह को निरस्त कर दिया है राज्यपाल ने यह निर्णय कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मददेनजर लिया है राज्यपाल हर वर्ष वरिष्ठ अधिकारियों और नागरिकों के साथ होली मिलन कार्यक्रम में शामिल होती हैं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह और मृख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होली मिलन समारोहों में भाग न लेने की घोषणा कर चुके हैं विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों को सार्वजनिक समारोहों से बचने और स्वच्छता का विशेष ख्याल रखने का सुझाव दिया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिक्सेना प्रमुख उद्दव ठाकरे अपनी सरकार के सौ दिन का कार्यकाल पूरा होने पर आज अयोध्या पहंचे उन्होंने पली रश्मि ठाकर्रे और पुत्र आदित्य ठाकरे के साथ श्रीरामजन्मभूमि में विराजमान रामलला का दर्शन पूजन किया उनके साथ महाराष्ट्र के कई मंत्री और विधायक भी थे इस अवसर पर श्री ठाकरे ने राम मंदिर निर्माण के लिये एक करोड़ रूपये दान देने की घोषणा की उन्होंने महाराष्ट्र से अयोध्या आने वाले श्रद्वालुओं के लिये भवन बनाने की भी घोषणा की प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पिछले तीन दिनों से ओलावृष्टि और तेज वर्षा से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है गोरखपुर सिद्वार्थनगर चित्रकूट सहित कई जनपदों में पिछले चौबीस घंटों में तेज वर्षा और ओलावृष्टि से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है कल लखीमपुर खीरी बदायूं मुरादाबाद बरेली कानपुर अलीगढ़ आगरा गोण्डा अयोध्या सहित कई स्थानों पर तेज हवा के साथ वर्षा दर्ज की गई वर्षा और ओलावृष्टि से कई जिलों में गेह सरसों और आलू सहित अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है खेतों में पानी भर जाने और तेज हवाओं के कारण पकी हुई फसलें नष्ट हो गई हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत कार्य शुरू करने और नुकसान का आकलन कर चौबीस घंटे के भीतर किसानों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि कृषि विभाग ने फसल बीमा के दावे के लिए टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक दो शून्य नौ शून्य नौ शून्य नौ शून्य शुरू कर दिया है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीवान चंद चौधरी का कल रात हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया

श्री चौधरी संत कबीरनगर जिले के पिपरा कला के मूल निवासी थे और इन दिनों वह बस्ती की शिवा कालोनी में रहते थे श्री चौधरी के निधन पर बस्ती के सांसद हरीश ट्विवेदी सांसद जगदम्बिकापाल विधायक दयाराम चौधरी समेत किसान नेताओं और समाजसेवियों ने गहरा दुख व्यक्त किया है

दुर्घटना में बस में सवार बारह अन्य यात्री गम्भीर रूप से घायल हो गये सभी घायलों को उपचार के लिये जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है